सुकमा जिले में माओवादियों ने तीन यात्री बसों और तीन ट्रकों को आग लगाई नारायणपुर जिले में पुलिस ने माओवादी कैम्प को ध्वस्त कर भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद बरामद किया राज्य सरकार ने हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नोटिस जारी कर काम पर लौटने को कहा हड़ताल खत्म नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी कवर्धा में आज करीब पन्द्रह हजार महिलाओं ने एक साथ कर्मा नृत्य कर कीर्तिमान बनाया तखतपुर मामला गिरफ्तार तखतपुर प्रकरण में बिलासपुर पुलिस ने भाजपा विधायक राजू सिंह क्षत्री के बेटे सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने आज दबिश देकर विधायक के बेटे विक्रम उर्फ सोनु सिंह को पहले पकड़ा इसके बाद चार अन्य लोगों को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया गौरतलब है कि बीती एक मार्च को तखतपुर के टीआई ने शराब पीकर हडदंग कर रहे दो लोगों को पकड़ा था इसके बाद टीआई ने इस मामले में विधायक पुत्र और समर्थकों पर गाली गलौज करने और निजी वाहन में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था माओवादी वारदात सुकमा जिले में माओवादियों ने तीन यात्री बसों और तीन ट्रकों को आग के हवाले कर दिया साथ ही मुखबिरी के संदेह में एक ग्रामीण की हत्या भी कर दी मौके पर माओवादियों के बैनर पोस्टर भी मिले हैं पुलिस के अनुसार आगजनी में क्षतिग्रस्त हुई दो बसें तेलंगाना स्टेट ट्रांसपोर्ट की हैं और तीसरी बस छत्तीसगढ़ की है हमारे संवाददाता ने बताया कि ंतीस से अधिक हथियार बंद माओवादियों ने जगदलपुर से हैदराबाद जा रही इन तीन यात्री बसों को एक के बाद एक रोक लिया इसके बाद यात्रियों को उतारकर आग लगा दी मौके पर ही तीन ट्रकों के डीजल टैंक को तोड़कर उनमें भी आग लगा दी घटना के बाद यात्री काफी परेशान हुए छोटे बच्चों को साथ लिए महिला यात्री करीब बारह किलोमीटर पैदल चलकर दोरनापाल पहुंची घटना के बाद से यात्रियों में दहशत है मौके पर गश्त बढ़ा दी गई है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा और डीआईजी पी सुंदरराज ने बताया कि सुरक्षा बलों के चौतरफा दबाव और बीते दो मार्च को बीजापुर मुठभेड़ में दस माओवादियों के मारे जाने से माओवादी बौखलाहट में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं

मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद भी बरामद किया गया है बस्तर आईजी ने बताया कि उत्तर बस्तर डिवीजन में माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिली थी इसके बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को मातला अर्रा निबरा हलईनार कोटकोड़ो गरदा गवाड़ी की ओर रवाना किया गया था गश्त के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों के कैम्प को घेर लिया इस पर माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्यवाही की

वहीं सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन पर सुरक्षा बलों पर फायरिंग करने और आगजनी की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है आंगनबाडी कार्यकर्ता हडताल राज्य सरकार ने हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नोटिस जारी कर काम पर लौटने को कहा है सरकार ने अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी छह सुत्रीय मांगों को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है वहीं आंदोलनकारियों ने मांगें पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है आज दूसरे दिन भी रायपुर स्थित धरना स्थल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया पाठ्यक्रम सुझाव केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए पहली से बारहवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने पर सुझाव मांगे हैं इसका उद्देश्घ्य एनसीईआरटी और सीबीएसई पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को अधिक संतुलित बनाना है

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रायपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर और जशपुर के बेटी जिंदाबाद बेकरी को नारीशक्ति सम्मान से सम्मानित करेंगे वहीं इसी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों रायगढ़ जिले को बेटी बचाओ बेटी पढाओ के लिए सम्मानित किया जाएगा महिला और बाल विकास मंत्री रमशीला साहू के साथ विभाग की सचिव डॉ एमगीता और जशपुर के कांसाबेल की बेटी जिंदाबाद बेकरी की पार्वती चौंहान राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान ग्रहण करेंगी वहीं राजस्थान के झुंझन् में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हाथों रायगढ़ कलेक्टर शम्मी आबिदी बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह सम्मान ग्रहण करेंगी कवर्धा महिला सम्मेलन कवर्धा में आज करीब पन्द्रह हजार महिलाओं ने एक साथ कर्मा नृत्य कर इतिहास रचा इस ऐतिहासिक आयोजन को लिम्का ब्रक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज करने प्रस्ताव है करपात्री स्टेडियम में आज महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था इस मौके पर महिलाओं ने सामूहिक कर्मा नृत्य किया सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा सहित पूरे प्रदेश में महिलाओं में जागृति आयी है वे हर क्षेत्र में सशक्त हुई हैं इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरम लाल कौशिक और सांसद अभिषेक सिंह सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं का सम्मान किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेटियों का सम्मान कैसे होना चाहिए यह बात समाज को बस्तर के वनवासियों से सीखनी चाहिए शराब गांजा जब्त कोंडागांव जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है इस मामले में एक विदेशी नागरिक सहित दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये आरोपी मिनी ट्रक मे केमिकल के ड्रम के बीच में गांजा छिपाकर ले जा रहे थे मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने वाहनों की जांच शुरू की इसी दौरान एक वाहन से चालीस इामों से करीब दो सौ अट्ठारह किलो गांजा बरामद हुआ इसकी कीमत करीब ग्यारह लाख रूपए बताई जाती है गिरफ्तार आरोपियों में से एक नेपाल का रहने वाला है इधर महासमुंद में भी अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है साथ ही मध्यप्रदेश से लाई गई चौंसठ पेटी शराब भी बरामद हई है पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक गिरोह मध्यप्रदेश से शराब लाकर छत्तीसगढ़ में इसकी बिक्री कर रहा है क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर तीन लग्जरी वाहनों से यह शराब बरामद की है वहीं रायपुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से साढ़े नौ किलो से अधिक गांजा बरामद किया है इस मामले में दो युवक गिरफ्तार किए गए हैं कट्टा कारतूस बरामद बिलासपुर के लाल खदान इलाके में पुलिस की छापामार कार्रवाई में तीन देशी कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं इस मामले में एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जैसी कि खबर दी जा चुकी है परसों शहर में एक निजी समारोह के दौरान गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई थी इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की इनसे मिली जानकारी के आधार पर छापामार कार्रवाई कर देशी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए दूसरी ओर कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र से एक युवक के पास से एक कट्टा और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं पुलिस के अनुसार आरोपी गेवरा खदान में चोरी की नीयत से पहुंचा था यह आरोपी चोर गिरोह का सरगना बताया जाता है इसके खिलाफ पुलिस में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं कोयला छापा अंबिकापुर के रघ्नाथपुर में पुलिस ने एक कोयला व्यवसायी के कोल डिपो में छापामार कार्रवाई की यहां से सत्रह ट्रक कोयला बरामद हुआ पुलिस के अनुसार इस डिपो से अवैध रूप से कोयला ओड़िशा ले जाया जाता था

पिछले महीने भी पुलिस ने इस कोयला व्यवसायी के डिपो में छापामार कार्रवाई की थी संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने राजभवन के सचिव सुरेंद्र जायसवाल को उच्च शिक्षा विभाग की नई जिम्मेदारी दी है वहीं प्रमुख सचिव अमिताभ जैन को योजना आर्थिक और सांख्यिकी का प्रभार सौंपा गया है पुलिस मुख्यालय ने आज तीन टीआई और तीन एस आई का तबादला आदेश जारी किया है पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय के निर्देश पर यह सूची जारी हुई है दुर्ग विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉ ओपी गुप्ता ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है दुर्ग बाल संरक्षण गृह से भागे तीन अपचारी बालकों में से दो को पुलिस ने पकड़ लिया है वहीं एक अन्य की तलाश जारी है

यह बस पेंड्रा से कोतमा जा रही थी